इसे देखते हुए धान खरीदी के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति ने आज रायपुर में एफसीआई द्वारा चावल जमा नहीं करने और बारदानों की कमी के कारण धान खरीदी में आ रही दिक्कतों के संबंध में प्रदेश के किसान संगठनों से चर्चा की बैठक में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा आज तक एफसीआई में चावल लेने की अनुमति नहीं देने के कारण धान खरीदी और कस्टम मीलिंग का प्रा सिस्टम प्रभावित होने लगा है यही स्थिति रही तो आने वाले समय में धान खरीदी प्रभावित होगी कृषि मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को साठ लाख मीटरिक टन चावल जमा करने की सैद्धांतिक सहमति दी है लेकिन एफसीआई में चावल जमा करने की सहमति आज तक नहीं मिली है जिसके कारण कस्टम मीलिंग प्रभावित हो रही है उन्होंने बताया कि चावल जमा न होने और कस्टम मीलिंग प्रभावित होने से बारदाने की रिसाइकलिंग नहीं हो पा रही है इस कारण बारदाने की भी समस्या आ रही है बैठक में प्रदेश के सभी जिलों से लगभग तीन सौ किसान शामिल हुए इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दूरभाष पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से चर्चा करते हुए राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए भारतीय खाद्य निगम और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग से अनुमति दिलाने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त न होने से वर्तमान में खरीदी केन्द्रों पर धान का उठाव नहीं होने के कारण जाम की स्थिति निर्मित हो रही है मुख्यमंत्री ने इस संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है

श्री साय आज दूर्ग के अखिल भारतीय मंडल प्रशिक्षण शिविर योजना के समापन प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण धान खरीदी केन्द्र बंद हो रहे हैं वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि राज्य सरकार ने पिछले साल अनुमति मिलने के बावजूद अट्ठाईस लाख मीटरिक टन चावल एफसीआई में जमा नहीं कराया उन्होंने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही है राज्य की कांग्रेस सरकार किसानों के बीच भ्रम फैलाकर अपनी जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास कर रही है इस बीच प्रदेश में अब तक समर्थन मूल्य पर अड़तालीस लाख मीटरिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है इस दौरान राज्य के बारह लाख चालीस हजार किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा है कोविड टीका अभ्यास देश में कोविड नाइंटीन के टीके को लगाए जाने का अभ्यास दो जनवरी से शुरू होगा केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों से टीकाकरण के लिए पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस तैयारी के लिए राज्यों के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और अन्य संबंधित लोगों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम तीन स्थानों पर इस टीकाकरण अभ्यास को किया जाएगा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 इस बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की तैयारियां जोरशोर से जारी है प्रदेश के सात जिलों में दो जनवरी को टीकाकरण के लिए मॉकड्रिल किया जाएगा ये मॉकड्रिल रायपुर सरगुजा दुर्ग बिलासपुर राजनांदगांव बस्तर और गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले में होगा इन जिलों में जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य कोन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक यह मॉकड्रिल किया जाएगा पहले यह मॉकड्रिल चार जनवरी को होने वाला था इस मॉकड्रिल का उद्देश्य कोल्ड चैन मैनेजमेंट के साथ ही वैक्सीन की आपूर्ति और उसके भंडारण के साथ ही अन्य तैयारियों को परखना है राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाक्र ने बताया कि छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में स्वास्थ्य सेवाओं में लगे दो लाख चौंतीस हजार लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दो लाख अटहत्तर हजार के पार हो गई है राज्य में वर्तमान में कोरोना पॉजीटिव करीब बारह हजार लोगों का विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है कोरोना समाचार जागरूकता इधर महासमुंद जिले में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सिनेमाघर थियेटर और मल्टीप्लेक्स के माध्यम से फिल्म प्रदर्शनी गतिविधियों की अनुमति शर्तों के अधीन दी गई है यहां प्रवेश के पहले थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाईजर का उपयोग अनिवार्य किया गया है उधर राजनांदगांव में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए नववर्ष के आयोजनों पर निगरानी रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम विशेष एहतियात बरत रही है भीड़ वाले आयोजनों में कोरोना जांच करने और सैंपल लेने के लिए छह मोबाइल मेडिकल टीम तैनात की गई है यह टीम उन स्थानों पर पहुंचेगी जहां बड़ी संख्या में लोग एक साथ नववर्ष मनाने जुटेंगे सीबीएसई परीक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं चार मई से शुरू होंगी यह घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज नई दिल्ली में की उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षाएं चार मई से शुरू होकर दस जून तक चलेंगी जबकि प्रायोगिक परीक्षाएं एक मार्च में शुरू होंगी श्री निशंक ने बताया कि सभी परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी और परीक्षा परिणाम पंद्रह जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे आयकर रिटर्न केन्द्र सरकार ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख दस जनवरी तक बढ़ा दी है कंपनियों के लिए वित्त वर्ष दो हजार उन्नीस बीस का आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख भी पंद्रह फरवरी तक बढ़ा दी गई है आयकर विभाग ने कहा है कि करदाताओं को कोरोना महामारी के कारण क्छ शर्तों के पालन में आ रही दिक्कतों के मद्देनजर यह फैसला किया गया है इससे पहले व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख आज इकतीस दिसंबर तक थी वहीं कंपनियों के लिए रिटर्न भरने की अंतिम तिथि इकतीस जनवरी निर्धारित की गई थी इसके अलावा विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत घोषणा पत्र भरने की तारीख भी इकतीस जनवरी तक बढ़ा दी गई है प्रत्यक्ष कर और बेनामी अधिनियमों के अंतर्गत अधिकारियों द्वारा आदेश पारित करने या नोटिस जारी करने की तिथि भी इकतीस मार्च तक बढ़ाई गई है

साथ ही डोंगरगढ़ को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली नगर पालिकाओं की श्रेणी में सम्मानित किया जाएगा इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवक्मार डहरिया ने राज्य के नागरिकों और नगरीय प्रशासन विभाग को योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बधाई दी है टीबी खोज अभियान टीबी मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए दुर्ग जिले में तीन चरणों में टीबी खोज अभियान कल से इकतीस जनवरी तक चलाया जाएगा इस अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों में कच्ची बस्ती जिला कारागृह वृद्वाश्रम रैनबसेरा एड्स मरीज छात्रावास अनाथ आश्रम और ग्रामीण क्षेत्रों में खदान क्रेशर घनी आबादी दूरदराज के क्षेत्र टीबी के पूर्व रोगी और कुपोषित क्षेत्र में घर घर सर्वे किया जाएगा अभियान में पहली बार बीस टीबी चैंपियन को भी जोड़ा जाएगा जो टीबी को हराकर अब स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं वहीं प्रदेश में आगामी सत्रह से उन्नीस जनवरी तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा इस दौरान शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी इसके लिए माइक्रो प्लान तैयार किया जा रहा है जिसके तहत टीकाकरण केन्द्रों में सत्रह जनवरी को बूथ पर तथा अट्ठारह और उन्नीस जनवरी को घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी इस बीच मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के तहत की जा रही जांच और इलाज से बस्तर जिले में पिछले साल के मुकाबले मलेरिया के मामले में पैंसठ प्रतिशत से अधिक की कमी आई है पहले चरण में चौदह लाख से अधिक लोगों की जांच की गई इस दौरान मलेरिया पॉजिटिव पाए गए चौसठ हजार अधिक लोगों का मौके पर ही इलाज कर दवाई दी गई द्रसरे चरण से में तेईस लाख पचहत्तर हजार लोगों की जांच की गई जिसमें तीस हजार से अधिक लोगों का उपचार किया गया वहीं तीसरे चरण में स्वास्थ्य विभाग की दो सौ बाईस टीम घर घर जाकर सर्वें कर रही हैं गणतंत्र दिवस झांकी इस बार गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली के राजपथ पर छत्तीसगढ़ के लोक संगीत का वाद्य वैभव देखने को मिलेगा रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की झांकी को लगातार दूसरे साल भी मंजूरी दे दी है इस झांकी में छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में बजाए जाने वाले लोक वाद्यों को उनके सांस्कृतिक परिवेश के साथ प्रदर्शित किया जाएगा सौदान सिंह नई जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी से मुक्त करते हुए हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है उनकी जगह छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी शिव प्रकाश को दी गई है इसके अलावा वी सतीश को संसदीय कार्यालय समन्वय और अनुसूचित जाति जनजाति के साथ मोर्चा समन्वय का दायित्व सौंपा गया है ओमप्रकाश राठिया निधन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक ओमप्रकाश राठिया का आज निधन हो गया वे चौव्वन वर्ष के थे उनका पिछले क्छ दिनों से रायपुर के एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा था श्री राठिया रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक रहे राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडेय और रामविचार नेताम सहित भाजपा तथा कांग्रेस के अनेक नेताओं ने स्वर्गीय राठिया को श्रद्धांजलि अर्पित की है रविशंकर शुक्ल पुण्यतिथि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और अविभाजित मध्यप्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल की आज तिरसठवीं प्रण्यतिथि है इस मौके पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई रायपुर के अलावा राजनांदगांव के कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया भिलाई के सेक्टर नौ अस्पताल चौक के पास पंडित शुक्ल की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया कार्यक्रम में पंडित शुक्ल को स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए याद किया गया राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडित शुक्ल की पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा है कि श्री शुक्ल ने छत्तीसगढ़ अंचल में शिक्षा स्वास्थ्य और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई नव वर्ष बधाई प्रदेश में दो हजार बीस की विदाई और नए वर्ष दो हजार इक्कीस के स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं राजधानी रायपूर सहित राज्यभर में नए साल के जश्न का माहौल नजर आने लगा है हालांकि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक सीमित संख्या में लोग आयोजन कर पाएंगे नववर्ष पर होने वाले आयोजनों को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रदेश की जनता को नये वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि वर्ष दो हजार बीस में आए कोरोना संकट से सीख लेकर हमें नये वर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए कोरोना का संकट अभी टला नहीं है इसलिए सभी लोगों को कोरोना से बचाव संबंधी सावधानियां बरतने की जरूरत है वहीं मुख्यमंत्री ने अपनी श्रभकामनाएं देते हुए कहा है कि सभी लोगों के जीवन में नया साल सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आए नए वर्ष में हम सब मिलकर अपने प्ररखों के गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करेंगे जिसमें सभी वर्ग के लोग खुशहाल रहे उधर धमतरी में मसीही समुदाय द्वारा बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में आज मध्य रात्रि ओल्ड मैन बर्निंग सेलिब्रेशन का आयोजन किया जाएगा इस दौरान एक पुतला तैयार कर उसे जलाया जाएगा इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि बीते साल की पुरानी बातों को भूलकर नये साल का उत्साह मनाना है स्लोगन प्रतियोगिता स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर जनसंपर्क विभाग द्वारा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ युवा विषय पर स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है इस प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी कल से दस जनवरी तक जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट में ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं स्लोगन स्व लिखित होना चाहिए भाषा छत्तीसगढ़ी हिन्दी और अंग्रेजी होगी इस प्रतियोगिता के माध्यम से चयनित स्लोगन का उपयोग प्रचार प्रसार के लिए किया जा सकेगा सभी प्रतिभागियों को डिजिटल प्रमाण पत्र और सौ सर्वश्रेष्ठ स्लोगन को जनसंपर्क विभाग द्वारा एक एक हजार रूपए का पुरस्कार दिया जाएगा

इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी व्यवसायिक प्रक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं परीक्षा परिणाम मंडल की वेबसाइट पर देखा जा सकता है पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने वाले निन्यानवे पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आरिफ खान ने मोर्चा के प्रदेश कार्यसमिति और जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसके पाटील को भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ का अध्यक्ष बनाया गया है राजनांदगांव में आज सीटू के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी बारह सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया राजनांदगांव में जिला रोजगार कार्यालय तहसील परिसर में आगामी सात जनवरी को प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा इसमें आईसी आईसी आई बैंक और सेल्स एकेडमी श्याम प्लाजा पंडरी रायपुर द्वारा सेल्स ऑफिसर्स के चार पदों पर भर्ती की जाएगी जांजगीर चांपा जिले में ग्रीष्मकालीन फसल के लिए दो जनवरी से नहरों से पानी छोड़ा जाएगा

रायगढ़ जिले के तमनार स्थित जिंदल पावर लिमिटेड में कल शाम स्लैब गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई जबकि दो अन्य मजदूर घायल हो गए में और कबीरधाम जिले के पुलिस चौकी पोड़ी की पुलिस टीम ने एक सौ पचपन किलोग्राम गांजा के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है जब्त गांजे की कीमत करीब पंद्रह लाख रूपये बताई जा रही है